अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री महाकृंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही है और इससे होने वाले नुकसान से देश को बचाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कल भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकूंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि भाजपा समन्वय में विश्वास करती है सबका साथ सबका विकास ही भाजपा का लक्ष्य है

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशवासियों को स्वस्थ बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी जन आरोग्य योजना पर उन्हें गर्व है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं भाजपा के संगठन महासचिव रामलाल सहित अनेक केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए जेटली केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का डूबा हुआ कर्ज कम हो रहा है क्योंकि कर्जदार से कर्जों की वसूली में तेजी आई है कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की वार्षिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि दीवाला और ऋण शोधन अक्षमता कानून लागू किए जाने की आशंका को देखते हुए कर्जदार खुद ही बैंकों की देनदारी का भुगतान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कई त्रैमासिक सत्रों के बाद पिछली तिमाही में बैंकों को शद्द मुनाफा हुआ विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक के विलय को लेकर बैंक कर्मचारियों संघों की आशंकाओं के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने कहा कि यह विलय कर्मचारियों के हित में है नर्मदा लिंक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का भूमिपूजन करेंगे इस मौके पर नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लालसिंह आर्य उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह और ऊर्जामंत्री पारस जैन मौजूद रहेंगे वहीं मुख्यमंत्री कल नर्मदा के संगम स्थल कलमेरवाड़ी में नर्मदा मालवा लिंक योजना का लोकार्पण करेंगे

इसी के तहत आज निर्वाचन में मीडिया की भूमिका के सम्बन्ध में भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा सेमिनार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कान्ता राव उपस्थित रहेंगे इससे पहले कल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव ने सोशल मीडिया पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कहा कि आज युवा पीढ़ी को निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराने और जागरूक करने के लिये सोशल मीडिया सबसे प्रभावी प्लेटफार्म है

सोशल वेबसाईट फेसबुक ट्वीटर यू टयूब व्हाट्सएप और ऐसी ही अन्य साइट पर निर्वाचन आयोग निगाह रखेगा और गलत प्रचार प्रसार की शिकायत होने पर कार्यवाही भी करेगा वहीं कल ग्वालियर में जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी राजस्व और पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिये

यह सम्मेलन होशंगाबाद जिले के पिपरिया में आयोजित किया जा रहा है इसी दिन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे जहां जिले के पात्र पंजीकृत किसानों के सत्यापित बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की जायेगी यह प्रोत्साहन राशि योजनातंगत प्याज लहसून चना मसूर सरसों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल के लिये दी जायेगी राशि के भुगतान की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डाक्टर राजेश राजोरा ने नीमच रतलाम और मन्दसौर जिले को छोड़कर शेष जिलों के कलेक्टरों को किसान सम्मेलन के आयोजन के बारे में निर्देश जारी किये हैं इन तीनों जिलों के किसानों को पूर्व में ही भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जा चुका है राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रस्कार समारोह में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया बीस खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए राष्ट्रपति ने इनके अलावा द्रोणाचार्य तथा ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी प्रदान किये

समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद थे पुरस्कार कार्यक्रम श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने कल मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा आयोजित श्रमिक साहित्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में श्रम कल्याण विभाग की योजनाओं में सहायता राशि में वृद्धि करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों के परिवारों के मुखिया की भूमिका निभा रहा है

इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण के कार्य भी किये जा रहे हैं

फिल्मोत्सव का शुभारंभ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के क्लपति जगदीश उपासने करेंगे

अब कुछ समाचार संक्षेप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज एक दिवसीय प्रवास राजगढ़ जायेंगी

संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता शिवपुरी में आयोजित की गई

भोपाल में आज से तीन दिवसीय मराठी फिल्मोत्सव शुरू होगा